मुख्यमंत्री आज शिमला में अगले वित्त वर्ष को लिए बजट के प्रारूप को मंजूरी देने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी प्रणाली सभी चार उपयोजनाएं समान्य योजना अनुसूचित जाति उपयोजना जनजातीय उपयोजना और पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे गये हैं

विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि बजट सत्र के आयोजन को लेकर विधानसभा सचिवालय पूरी तरह सजग है और तैयारियां जोरों पर चल रही है परमार ने आज शिमला में कहा कि सत्र के आयोजन में कोई कमी न रहे इसके लिए विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं

सैजल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश की जनता को बेहतर सड़क सुरक्षा गुणात्मक शिक्षा और स्तरोन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्रथामिकता है सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाडली में विभिन्न विकास कार्यो के लोकार्पण के बाद जन समूहों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर स्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाडली का विधिवत शुभारम्भ भी किया स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक मांगों को चरणबद्ध आधार पर पूरा कर रही है उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नही है

इस बीच माईनस तापमान के बावजूद लाहौल स्पिति के केलंग और काजा में आज दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान चलाया गया केलांग में पुलिस व होमगार्ड सहित अन्य अग्रिम पक्ति के कोरोना योद्वाओं को दूसरा टीका लगाया गया